प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार का मूलमंत्र देश के हर व्यक्ति को फायदा पहुंचाना है

प्रदेश भर में आस्था के साथ मनाया जा रहा है बुद्वपूर्णिमा का पर्व लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिये प्रचार कल शाम समाप्त हो गया इस चरण में प्रदेश की तेरह सीटों पर कल उन्नीस मई को मतदान होगा

केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कुशीनगर जिले के रामकोला में एक चुनावी रैली में भाजपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गोरखपुर में भाजपा प्रत्याशी और फिल्म स्टार रविकिशन के पक्ष में आयोजित एक बाईक रैली में भाग लिया वहीं केन्द्रीय मंत्री राज्यवर्द्दन सिंह राठौर और पीयूष गोयल ने वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के समर्थन में जनसभाए की और घर घर जाकर प्रचार किया केन्द्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने मऊ जिले में और भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखप्र और बलिया में जनसभा को संबोधित किया कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मिर्जापुर और कुशीनगर में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो कर लोगों से जनसम्पर्क किया सपा बसपा रालोद गठबंधन ने मिर्जापूर में संयुक्त रैली की बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने रैली में भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधा वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चन्दौली जिले में विपक्ष पर प्रहार करते हुए गठबंधन को भाजपा का विकल्प बताया प्रदेश में सातवें और अंतिम चरण में राज्य के पूर्वाचल इलाके की महाराजगंज गोरखपुर कुशीनगर देवरिया बांसगांव घोसी सालेमप्र बलिया गाजीप्र चंदौली वाराणसी मिर्जाप्र और रॉबर्टगंज सीटों पर वोट डाले जायेंगे इस चरण में क्ल दो करोड़ बत्तीस लाख इकहत्तर हजार तीन सौ इकतालीस मतदाता है जिनमें एक करोड़ छबीस लाख छियालीस हजार दो सौ अट्ठहत्तर महिला मतदाता और एक हजार चार सौ सोलह थर्ड जेन्डर मतदाता शामिल हैं सातवें चरण के लिये प्रदेश के तेरह जिलों में तेरह हजार नौ सौ उन्यासी मतदान केन्द्र और पच्चीस हजार आठ सौ चौहत्तर मतदेय स्थल बनाये गये हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समाज के आखिरी व्यक्ति को विकास का फायदा पहुंचाना एनडीए सरकार की विशेषता है नई दिल्ली में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के साथ प्रधानमंत्री ने भी हिस्सा लिया नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार के इस तरीके से देश में शासन संचालन की नई संस्कृति उत्पन्न हुई है उन्होंने कहा कि सरकार समाज के सबसे उपेक्षित व्यक्ति तक पहुंचने में सफल रही है इस अवसर पर भाजपा अव्यक्ष अमित शाह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने एक सौ तैंतीस योजनाओं का लाभ देश में सभी वर्गों तक पहुंचाया है चाहे गरीब हों किसान हों महिला हों या गांव अथवा शहर के नागरिक हों सबको इन कार्यक्रमों का फायदा मिला है अमित शाह ने कहा कि एन डी ए सरकार के शासनकाल में पूरे विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा है और आज भारत विश्व में शक्ति का केंद्र बन गया है भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि लंबे समय के बाद देश के लोगों ने ऐसा चुनाव देखा जिसमें भ्रष्टाचार और महंगाई का मुद्दा नहीं उठा अमित शाह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने इस चुनाव में एक सौ बयालिस जनसभाओं को संबोधित किया और चार रोड शो किए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि आम चुनाव के दौरान जनता से जुड़े मुद्दों को उठाना उनकी पार्टी की रणनीति है कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उनकी पार्टी ने बेरोजगारी किसानों की समस्या नोटबंदी वस्तु और सेवाकर और रफाल के मुद्दे पर चुनाव लड़ा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इन मुद्दों पर चुप रहे कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी ने देश में संस्थाओं की रक्षा की और पिछले पांच सालों के दौरान सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाई भारतीय जनता पार्टी अव्यक्ष अमित शाह ने पार्टी की अनुशासनात्मक समिति से भाजपा नेताओं प्रज्ञा सिंह ठाकुर अनन्त हेगड़े और नलिन कतील को नाथ्राम गोडसे से संबंधित विवादास्पद टिप्पणी करने पर कारण बताओ नोटिस देने को कहा है उन्होंने समिति से दस दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है एक ट्वीट में श्री शाह ने कहा कि इन नेताओं की टिप्पणियां उनके अपने विचार हैं और पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है लेकिन इनकी टिपणियां पार्टी की विचाखारा और मर्यादा के खिलाफ हैं और इस मामले को गम्भीरता से लिया गया है केन्द्रीय निर्वाचन आयोग ने आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदेय स्थल संख्या तीन सौ सैंतीस प्राथमिक विद्यालय करउत पर हुए मतदान को शून्य घोषित करते हुए पुनर्मतदान को निर्णय लिया है

लोकसभा चुनाव की मतगणना के लिये प्रदेश में तैयारियां अंतिम चरण में चल रही हैं मतगणना कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है इसके साथ ही मतगणना को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किये जा रहे हैं लखनऊ में जिलाधिकारी के निर्देशन में कलेक्ट्रेट में मतगणना कर्मियों को तीन स्तर का प्रशिक्षण दिया गया इसके अलावा एक अन्य प्रशिक्षण सांइटिफिक कन्वेंशन सेंटर में भी हुआ उन्हें बताया गया कि प्रत्येक मेज पर माइक्रो आर्ब्जवर तैनात किया जायेगा उस मेज पर मतगणना की पूरी जिम्मेदारी माइक्रो आर्ब्जवर की होगी इसके साथ ही प्रत्येक विघानसभा पंडाल में दो अतिरिक्त माइक्रो आर्ब्जवर तैनात किये जायेंगे इनमें से एक गणना हाल में लगे कम्प्यूटर में दर्ज किये जा रहे आंकड़ों की जांच करेगा और दूसरा दोबारा उसकी जांच करेगा विजनौर शाहजहांपुर मेरठ भदोही और बलरामपुर में भी मतगणना कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया प्रसार भारती तेईस तारीख को होने वाली लोकसभा चुनाव की मतगणना के लिए पूरी तरह तैयार है प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटि ने कहा हम कई बड़े डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर काम कर रहे हैं हमारी कवरेज विशेष तौर से इन प्लेटफॉर्म पर लोगों के लिए उपलब्ध रही और ये अनुठी बात है क्योंकि सार्वजनिक प्रसारक समाचारों के लिए विश्वसनीय और प्रमाणिक स्रोत है आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष बातचीत में उन्होंने यह भी कहा कि आकाशवाणी और द्रदर्शन के पास संवाददाताओं का विशाल नेटवर्क है और ये दोनों संगठन चुनाव के दौरान राज्यों से संबंधित समाचारों पर जिस तरह ध्यान केंद्रित कर सकते हैं वह अपने आप में अनोखा है इस बार हिन्दी और अंग्रजी में चुनाव की कवरेज दिल्ली से की गई और उससे भी बड़ी बात है कि पूरे देश में क्षेत्रिय समाचार ईकाइयों ने आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों के लिए कई भाषाओं में चुनाव की कवरेज की ऐसा पहली बार हुआ है जब ये कटेट डिजिटली उपलब्ध है बुद्ध पूर्णिमा का पर्व आज प्रदेश भर में धार्मिक आस्था के साथ मनाया जा रहा है भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रदेश के सभी स्थानों पर विविध धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गये हैं भगवान बुद्व की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में बुद्व पूर्णिमा महोत्सव कल से ही शुरू हो गया कल पूर्व संध्या पर वहां बौद्ध भिक्ष्ञों ने विशेष पूजा अर्चना की रात में धम्म देशना कार्यक्रम का आयोजन किया गया आज वहां विविध धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं क्शीनगर के राजकीय बौद्ध संग्रहालय में भगवान बुद्द के जीवन से सम्बंधित छाया चित्र प्रदर्शनी लगायी गयी है भगवान बुद्द की बाल क्रीडा स्थली कपिलवस्तु और प्रथम उपदेश स्थल सारनाथ में भी विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं फर्रूखाबाद जिले के संकिसा स्थित बौद्ध स्तूप पर भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है राज्यपाल राम नाईक ने बुद्ध पूर्णिमा पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक श्मकामनाएं दी हैं उन्होंने अपने बधाई सन्देश में कहा कि भगवान गौतम बुद्ध ने अहिंसा कर्म समानता और मोक्ष प्राप्ति के लिये सहज साधना का जो मर्म बताया था वह अनुकरणीय है उन्होंने कहा कि हजारों वर्ष पूर्व दिये गये उनके उपदेश आज भी प्रासंगिक है देवरिया जिले के बरहज मार्ग पर ग्राम बैरवना के पास गुरूवार की रात एक ट्रक में कार के घुस जाने से चाचा भतीजे समेत छः लोगों की मौत हो गयी जबकि एक व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हो गया कार में सवार लोग एक बीमार महिला का हालचाल जानने के लिए भलुवनी के बहौर गांव गये थे जहां एक वापस आते समय यह दुर्घटना हुई

इस मुठमेड़ में कानपुर देहात का एक जवान भी शहीद हो गया है पुलवामा के डालीपोरा में छिपे आतंकवादियों से एक मुठभेड़ में छह आतंकियों को ढेर कर दिया गया गोलीबारी में दो जवान भी शहीद हुए हैं उनमें एक जवान कानपुर देहात के डेरापुर में रहने वाले रोहित यादव भी है जवान के शहीद होने की खबर पाते ही कस्बे और जनपद में शोक की लहर दौड़ गई लोग शहीद के गांव पहुँचकर उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं